्र राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने को कहा

् संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा कल परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये रेलवे द्वारा विशेष रेलों का संचालन

्र प्रदेश में कोरोना जागरूकता के लिये जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के सोलंग घाटी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि कृषि कानून का विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि यथास्थिति बनाये रखी जाये लेकिन देश आज परिवर्तन के लिये प्रतिबद्ध है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन किया उन्होने कहा कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुद्रढ करने में लगा दी है श्री मोदी ने कहा कि सडकों प्रलों इमारतों सुरंगों आदि का निर्माण बडे पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है

इस मामले में आयोग के तीन सदस्यीय दल ने आज जयपुर में पुलिस महानिदेशक और महिला और बाल विकास विभाग के सचिव से मुलाकात की आयोग ने पुलिस महानिदेशक को राज्य के सभी लंबित मामलों की तथ्यात्मक रिपोर्ट सात दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं

मतदान समाप्ति के तूरंत बाद मतगणना और परिणाम घोषित करने का काम जारी है इन चुनावों में बंपर वोटिंग दर्ज की गई है

कल इन पंचायतों में उपसरपंच के चुनाव होंगे

इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पांच विशेष रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि परीक्षार्थियों और आमजन की सुविधा के लिये अलवर और जयपुर हनुमानगढ ैतथा जयपुर के बीच रेल सेवायें संचालित की जायेंगी इसी तरह जयपुर से श्रीगंगानगर तथा जयपुर से उदयपुर सिटी के लिये विशेष रेलों का संचालन होगा

जोधपुर में जिला प्रभारी मंत्री और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी की मौजूदगी में कोरोना जागरूकता रथ और रैली निकाली गई साथ ही लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति में मास्क लगाने का संदेश दिया

सिरोही में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

टोंक में भी जागरूकता कार्यक्रम हुआ राजसमन्द में प्रभारी और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई उन्होने कोरोना जागरूकता पोस्टर और सीडी को विमोचन भी किया